कोलंबो हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे और सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी अगवानी की प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि एक बार फिर से श्रीलंका पहुंचने पर वे बहुत खुश हैं पिछले चार वर्षो में श्रीलंका की यह उनकी तीसरी यात्रा है प्रधानमंत्री सीधे सेंट एंटनी चर्च पहुंचे जिसे ईस्टर के अवसर पर निशाना बनाया गया था श्री मोदी ने वहां आतंकी हमले में मारे गये लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि श्रीलंका एक बार फिर उठ खड़ा होगा और आतंक की कायरतापूर्ण गतिविधियां इस देश की भावना को पराजित नहीं कर सकतीं प्रधानमंत्री की इस यात्रा का मुख्य उद्देष्य ईस्टर हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त करना और पड़ोस पहले की नीति की पुश्टि करना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर झारखण्ड के रांची में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भाग लेंगे इसमें लगभग तीस हजार लोगों के भाग लेने की आशा है मुख्य समारोह से पहले रांची में तेरह जून को एक प्रारंभिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा इसमें योग संगठन और योग गुरूओं के अलावा राज्य की जानी मानी हस्तियां भी शामिल होंगी उपराष्ट्रपति एमवेंकैया नायडू ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में राष्ट्रीय आवश्यकताओं और सदाचार पर बल दिया गया है और इससे विश्व स्तरीय विद्यार्थी तैयार करने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि इस नीति में मातुभाषा को उचित महत्व दिया गया है किंतु बहु भाषी विश्व में अन्य भाषाओं को जानना भी जरूरी है उन्होंने कहा कि हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो बच्चों और युवाओं को इक्कीसवीं सदी के ज्ञान कौशल और व्यवहार संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप ढाल सके केन्द्र सरकार ने आम बजट के लिये नागरिकों से सुझाव और विचार मांगे हैं ताकि बजट तैयार करने की प्रक्रिया को अधिक समावेशी और भागीदारी पूर्ण बनाया जा सके वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आगामी पांच जुलाई को बजट पेश करेंगी आम बजट के बारे में सुझाव सरकार के पोर्टल माईजीओवी डॉट इन पर बीस जून तक दिये जा सकते हैं पोर्टल के अनुसार पिछले कई वर्षो से वित्त मंत्रालय बजट के बारे में नागरिकों से सुझाव मांग रहा है बजट की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिये समाज के सभी वर्गो के नागरिकों के सुझावों का स्वागत है दो हजार उन्नीस बीस का आर्थिक सर्वेक्षण चार जुलाई को संसद के पटल पर रखा जाएगा जिसके बाद अगले दिन आम बजट पेश किया जाएगा प्रदेष के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने राज्य में सूखे तालाबों और पोखरों को हर हाल में पन्द्रह जून तक भरने के निर्देष दिये हैं उन्होंने कहा कि इस मामले में षिथिलता बरतने वाले अधिकारियों और अभियंताओं के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जायेगी लखनऊ में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि प्रदेष सरकार ने यह फैसला भीशण गर्मी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए पषु और पक्षियों को पेयजल की सुविधा देने के लिये किया है उन्होंने कहा कि समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाष में आया है कि अब तक सिर्फ साठ प्रतिषत तालाब ही भरे जा सके हैं इसके अलावा सिंचाई मंत्री ने गंगा दषहरा के पावन पर्व के उपलक्ष्य में बारह जून को श्रद्दालुओं की सुविधा के लिये गंगा और राम गंगा नदियों में पानी मुहैया कराने का निर्देष भी दिया है सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के सभी किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रूपये का लाभ देने का संशोधित फैसला अधिसूचित कर दिया है इस फैसले से चौदह करोड़ पचास लाख किसानों को लाभ होगा चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जनजातीय विद्यार्थियों के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की संबद्वता का आवेदन करने की अंतिम तिथि तीस जून तक बढ़ा दी है पहले यह इकतीस मार्च थी देश भर में लगभग दो सौ छब्बीस एकलव्य विद्यालय हैं जिनमें से अड़सठ केन्द्रीय माध्यमिक षिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं प्रदेष के पूर्वी जिलों में दो अलग अलग स्थानों पर हयी सड़क दुर्घटनाओं में छः लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया गाजीपुर के षहर कोतवाली क्षेत्र में आज ट्रक की चपेट में आ जाने से बाईक सवार तीन लोगों की मौत हो गयी दूर्घटना के बाद ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया उधर मऊ जिले के रानीपुर क्षेत्र में एक कार में सवार तीन युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी जबकि उनका एक साथी गम्भीर रूप से घायल हो गया पुलिस सूत्रों ने बताया कि दुर्घटना के षिकार युवक एक अन्तिम संस्कार में हिस्सा लेने के बाद वाराणसी से वापस लौट रहे थे कि चिरैयाकोट मोहम्मदाबाद गोहना मार्ग पर नगपुर नेवादा गांव के पास उनकी कार सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गयी घायल युवक को इलाज के लिये वाराणसी रेफर कर दिया गया है